झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानबे प्रतिशत के पार पहुंची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

इस तरह के नौ सौ संयंत्र लगाने की परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कल उन्होंने यह बात कही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह समझौता प्रमुख तेल और गैस विपणन कम्पनियों तथा टेक्नॉलोजी उपलब्ध कराने वाले संगठनों के साथ किफायती और प्रद्षण न फैलाने वाले ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किया है इसके अंतर्गत देशभर में कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने की योजना है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में बच्चों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने का आह्वान किया है विश्व बाल दिवस पर कल एक ऑनलाइन वेबिनार को सम्बोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि बाल अधिकारों को जलवायु परिवर्तन सम्बंधी राष्ट्रीय नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए पार्लामेंटेरियंस ग्रुप फॉर चिल्ड्रन नाम के संगठन द्वारा आयोजित इस वेबिनार का उद्देश्य सांसदों और बच्चों के बीच जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर संवाद कायम करना है श्री नायड ने कहा कि आज के बच्चें पिछली पीढी के मुकाबले कही बेहतर जानकारी वाले हैं उन्होंने कहा कि बच्चों को जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित बहस में भागीदार बनाया जाना चाहिए उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन इसके प्रभाव और समाधान के बारे में स्कूलों और समाज के सबसे निचले स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि बच्चे परिवर्तन के माध्यम हैं और उन्हीं को भविष्य में यूग परिवर्तन करने वाले नेताओं की भूमिका निभानी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नेतरहाट को विश्वस्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा इसे लेकर राज्य सरकार काम कर रही है मुख्यमंत्री अपने नेतरहाट प्रवास के दौरान कल स्थानीय डाक बंगला में आयोजित जनता दरबार को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमारे राज्य से हर साल बड़ी संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों और विदेश घूमने जाते हैं लेकिन हमारा प्रयास है कि नेतरहाट जैसे तमाम पर्यटक स्थलों को इस तरह विकसित करें कि बाहर से सैलानी इन पर्यटक स्थलों की खूबसूरती को निहारने के लिए बरबस खींचे चले आएं

इससे पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी होती है और उसका समाधान और भी आसान हो जाता है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं को तबाह किया है झारखंड भी इस महामारी से जूझ रहा है लेकिन इस दौरान आपने जो संयम धैर्य और भाईचारा का परिचय दिया है उससे यहां कोई अफरा तफरी नहीं देखने को मिली है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से नेतरहाट में कल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी टाना भगत संघ की ग्रमला जिला समीति के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा

उन्होंने टाना भगतों के सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए सरकार से पहल करने को भी कहा मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इस दिशा में उचित कारवाई करने का भरोसा दिया

ताजा समाचार ट्विटर हैंडल

राज्य में अब तक एक लाख छह हजार नौ सौ बहत्तर कोरोना संक्रमित मिले हैं जिनमें से एक लाख तीन हजार चार सौ पैंतीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है अब सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार छह सौ रह गई है वहीं इस महामारी से अब तक नौ सौ सैंतीस लोगों की मौत हो चुकी है

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस दिशा में नए प्रयोग करने वाले लोगों वैज्ञानिकों शिक्षाविदों और दवा कंपनी के प्रयासों की सराहना की और निर्देश दिया कि कोविड वैक्सीन के अनुसंधान विकास और विनिर्माण की सभी तैयारियों को सुगम बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए

बंगलादेश म्यांनमां कतर भुटान स्विजरलैंड बहरीन ऑस्ट्रिया और दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों ने भारत में वैक्सीन के विकास और उसके प्रयोग के लिए साझेदारी में गहरी रूचि दिखाई है वैक्सीन उपलब्ध हो जाने पर उसके उपयोग के लिए स्वास्थ्यकर्मियों अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारियों शीत भंडारण तथा सीरिंज और सुइयों की खरीद की तैयारियां आगे बढ़ चुकी है चिकित्सक और नर्सिंग के शिक्षकों और छात्रों को टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा लोक आस्था का महापर्व छठ आज उदीयमान सुर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हो गया राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों की नदियों जलाशयों और तालाबों में व्रती परिवार के सदस्यों के साथ पहुंचे और भक्तिमय वातावरण में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया कई लोगों ने अपने घरों की छत पर ही जल कुंड बनाकर पूजा अर्चना की उधर साहिबगंज जिले में गंगा नदी के तट पर उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया उधर उपराजधानी दुमका में भी उदीयमान सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया गया इधर खुंटी जिले में भी पुरे श्रद्वा और उत्साह के साथ महापर्व छठ मनाया गया बडी संख्या में छठव्रती भक्ति भाव के साथ छठ घाटों और तालाबों में भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया वहीं बुंडू स्थित सूर्य मंदिर में भी काफी संख्या में श्रद्वालुओं ने पूजा अर्चना की इधर जामताड़ा जिले के अजय नदी तट सरकार बांध राजाबांध सहित शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया उधर हजारीबाग जिले में झील तालाब नदी समेत अन्य छठ घाटों पर भंक्तिमय माहौल में महापर्व छठ मनाया गया गिरिडीह जिले के विभिन्न छठ घाटों और घरों में भी लोगों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया उधर पाक्ड़ समेत अन्य जिलों में भी सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने छठ प्रजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर सुर्य देव की पुजा करने और मां प्रकति के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने की परम्परा रही है उन्होंने कहा कि यह पर्व नदियों तालाबों और अन्य जल स्रोतों की पूजा का अवसर प्रदान करता है

श्री वेंकैया नायड् ने सूर्य देवता से प्रार्थना की कि वे अपनी ऊर्जा का उपयोग देशवासियों को स्वास्थय और समुद्धि के लिए करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामनाए दी हैं श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि छठी मइया सभी को सूर्य देव की प्रसन्नता समृद्धि और जीवन शक्ति प्रदान करेंगी चतरा में लोक आस्था का महापर्व छठ ध्रमधाम से संपन्न हो गया त्योहार के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था द्रुस्त नजर आई

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने बैंक एसोसिएशन के आग्रह को स्वीकार करते हुए छठ पर एक कि जगह दो दिन का अवकाश घोषित किया है कार्मिक विभाग के अवर सचिव एच के सुधांशु ने इस संबंध में एनआइ एक्ट में बदलाव से जुड़ी अधिसूचना को कल जारी कर दिया

इस नये फैसले पर झाखंड के महासचिव एआइबीओसी सुनील लकड़ा ने कहा बैंक पोस्टऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और इंश्योरेन्स सहित वित्तीय सेवाओं से जुड़े सेक्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित छुट्टी के कारण अपने कार्यालय बंद रखते हैं आज विश्व मत्स्य दिवस मनाया जा रहा है

इस उपलक्ष्य में मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में मत्स्य पालन विभाग नई दिल्ली के एनएएससी कॉम्प्लेक्स में विशेष आयोजन कर रहा है